बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत सहित विभिन्न अधिकारी भी मौजूद है

इनमें करीब दो लाख मुकदमों की सुनवाई होगी

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार लोक अदालत में न्यायालय में लम्बित सभी तरह के राजीनामा योग्य प्रकरणों और प्रीलिटीगेशन के मामलों की सुनवाई हो रही है

परीक्षा में गडबडी का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्व सतत् निगरानी रखी जा रही है

सवाईमाधोपुर राजसंमद प्रतापगढ में भी परीक्षा केन्द्रों पर कडी चैकिंग के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया

पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में परिणाम घोषित करने और नियुक्ति देने पर रोक लगा दी गई थी

इस अवसर पर मंत्री बाबूलाल वर्मा कोटा बूंदी सांसद ओम बिडला सहित बडी संख्या में लोग उपस्थित थे

जिला कलक्टर और निर्वाचन अधिकारी श्री सिद्धार्थ महाजन ने इस उप चुनाव के लिये रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की हैं

कई स्थानों पर तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है

भीलवाडा जिले में मांडल और कोटडी सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई जयपुर टोंक करौली सीकर और भीलवाडा में हल्की से मध्यम दर्जे और राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर आज मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की संभावना है